प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर छुट्टियां मनाने बडी संख्या में पहुंचे देशी पर्यटक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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

साथ ही उन्होंने वोकल फॉर लोकल का जिक्र करते हुए उद्योग जगत के लोगों से आग्रह किया कि वे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाये जो विश्वस्तरीय हों प्रधानमंत्री ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिये देश को संबोधित किया श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के समर्थन के साथ साथ उत्पादो की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करना चाहिए

जिससे आने वाले दिनों में इसका निर्यात बढ़ने लगेगा जो आत्मनिर्भर भारत के प्रयासों को मजबूती देगा उन्होंने कहा कि केसर की खेती करने वाले किसानों को इससे विशेष लाभ होगा श्री मोदी ने आने वाले साल में देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का संकल्प लेने का भी आहवान किया है

श्री मोदी ने वन्यजीवों के संरक्षण में जुटी संस्थाओं और लोगों को बधाई देते हुए कहा कि भारत में तेंदुओं शेरों और बाघों की आबादी में भी बढ़ोतरी हुई है साथ ही वन क्षेत्र में भी इजाफा हुआ है प्रधानमंत्री ने कोरोना के दौर में अध्यापकों के द्वारा अपनार्य गये नवीन तरीको की सराहना की उन्होंने शिक्षकों से कहा कि वे निर्मित की गई शिक्षण सामग्री को शिक्षा मंत्रालय के दीक्षा पोर्टल पर अपलोड करें जिससे दूरदराज के इलाको में रह रहे विधार्थियों को भी इसकी मदद मिल सके अंत में उन्होंने देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और कहा कि अगले वर्ष जनवरी में नये विषयों पर मन की बात होगी

दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर इस नई पहल से यात्रा अधिक सुविधापूर्ण हो जायेगी चालकरहित मेट्रो ट्रेन पूरी तरह स्वचालित होगी जिससे मानवीय भूल की संभावना समाप्त हो जायेगी अगले साल पिंक लाइन पर भी इसी प्रकार की मेट्रो ट्रेन चलाए जाने की संभावना है

इस रेलगाडी में सब्जी और फल का परिवहन होगा मार्ग में गाडी रुकने पर इन वस्तओं के उतारने और लादने की अनुमति रहेगी और खेप के आकार पर कोई सीमा नहीं रहेगी

गौरतलब है कि पहली किसान रेल इस वर्ष सात अगस्त को देवलाली से दानापुर के लिए शुरू की गई थी जिसे बाद में मुजफ्फरपुर तक बढ़ा दिया गया था

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है सक्रिय रोगियों की संख्या संक्रमण की पुष्टि वाले मामलों की कुल संख्या के मुकाबले सिर्फ दो दशमलव सात चार प्रतिशत रह गई है

स्वस्थ होने के मामलों और सक्रिय मामलों की संख्या का अंतर भी लगातार बढ़ रहा है

इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम चलाई जा रही है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

उन्होंने आज ट्वीट कर कहा कि हम उम्मीद करते है कि केन्द्र सरकार द्वारा देश के सभी नागरिकों को मुफ्त में कोरोना वेक्सीन उपलब्ध कराई जायेगी मुख्यमंत्री ने उन राज्यों को शुभकामनाए दी जहां कोरोना वैक्सीन का ड्राईरन शुरू हो रहा है उन्होंने अपने संदेश में कहा कि वे आशा करते है कि ड्राई रन कामयाब होगा और अन्य राज्यों में भी इसका सफल प्रयोग हो सकेगा श्री गहलोत ने अपने ट्वीट में कहा कि कई लोग कोरोना के लक्षण दिखने के बाद भी डॉक्टर की सलाह नहीं लेते और जांच नहीं करवाते इसके कारण यह बीमारी गंभीर हो जाती है

उन्हें होम क्वारेन्टीन में रहने के निर्देश दिए गए है

पर्यटन स्थलों पर लोग नये साल को मनाने के लिए पहुंच रहे है

बीते दस महीनों से बंद शहर के पर्यटक स्थल एक बार फिर लोगों की आवक से आबाद हो गए है सिरोही के माउंटआबू में भी पर्यटक पहुंच रहे है

पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिये है इसके तहत उत्तराधिकारी के पास चिकित्सा अधिकारी अथवा सक्षम अधिकारी की ओर से जारी मृत्यु या स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र होना आवश्यक होगा इस प्रमाण पत्र को संबंधित पंचायत समिति के ँविकास अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा